प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोण किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया सम्बोधित कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल ही में किए गए परिवर्तनों से इन क्षेत्रों को होगा काफी लाभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत और रूस के बीच निवेश और व्यापार की हैं अपार संभावनाएं

राष्ट्र आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को सम्बोधित किया सफेद कूर्ता पैजामा और रंग बिरंगी पगड़ी पहने प्रधानमंत्री का रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लालाकिले पर स्वागत किया इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ आनर्र का निरीक्षण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के गठन के दस सप्ताह के भीतर इस सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का कार्य किया है अनुछेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनो को साकार करने में अहम योगदान किया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले सत्तर वर्षो में जो कार्य नहीं किए जा सके वह हमारी सरकार ने सत्तर दिन के भीतर पूरे किए प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या कारण था कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए पिछले सत्तर वर्ष में वहीं का वहीं रहा उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रयास किए लेकिन इच्छित प्रयास नहीं किए हमने नए सिरे से एक सौ तीस करोड़ देशवासियों के आदेश के अनुसार कार्य किया उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम लेह और जम्मू कश्मीर के लोगों के सपनों को पूरा करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस विधेयक का दो तिहाई बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होना यह बताता है कि दिल में सभी के था लेकिन सही दिशा में सही प्रयास नहीं किए गये थे

उन्होंने कहा कि इससे वहां के लोगों को देश के अन्य भागों के नागरिकों की तरह अधिकार सुविघाएं और विशेषाधिकार मिलेंगे जम्मू कस्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्वित होंगे वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं तिहत्तरें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक बहुत ही विशेष मोड़ पर अपनी आजादी के बहत्तर वर्ष पूरे कर रहा है श्री कोविंद ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाली महान पीढ़ी ने केवल राजीनतिक अधिकार हासिल करने के बारे में ही नहीं सोचा था बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की दूरगामी और व्यापक प्रक्रिया की ओर बढ़ता कदम माना था राष्ट्रपति ने हाल में संपन्न संसदीय सत्र पर प्रसन्नता व्यक्त की मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संसद के हाल ही में संपन्न हुए सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की बैठकों बहुत सफल रही हैं राजनीतिक दलों के बीच परस्पर सहयोग के जरिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं इस सफल शुरुआत से मुझे यह विस्वास हो रहा है कि आने वाले पांच वर्षों के दौरान संसद इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करती रहेगी मैं चाहूंगा कि राज्यों की विधानसभाएं भी संसद की इस प्रभावी कार्य संस्कृति को अपनाएं राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि भारत कभी भी आलोचनात्मक समाज नहीं रहा उन्होंने कहा कि भारत हमेशा जीओ और जीने दो के सिद्वांत को मानता रहा है उन्होंने यह भी कहा कि भारत का इतिहास नियति धरोहर और उसका भविष्य सभी में सह अस्तित्व सुलह सफाई और मेलजोल का आधार है देश के युवाओं के बारे में श्री कोविंद ने कहा कि हम युवाओं और भावी पीढ़ियों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षा की कक्षाओं में जिज्ञास बनाना श्री कोविंद ने समाज में आधारभूत सुविघाओं का सभी के लिए प्रयोग करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के महत्व पर भी बल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत एक उमरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध रहे है दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार की काफी संभावनाएं है मुख्यमंत्री ने अपने रूस दौरे के बाद लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार बढ़ाने में किया जा सकता है उन्होंने कहा कि रूस के साथ उत्तर प्रदेश में खादय प्रसंस्करण के क्षेत्र में करार किया गया है हम मिलकर बेहतर कार्य कर सकते हैं श्री योगी ने कहा कि हमने रूस के उद्यमियों और निवेशकों को आमंत्रित किया है हम मिलकर एक नई उँचाई को प्राप्त करेंगे

मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ स्थित कियान भवन में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिक्स की बधाई दी विधान भवन सहित सभी सरकारी कार्यालयों को रंग बिरंगी झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनाये जाने के लिये लखनऊ सहित प्रदेशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं इस अवसर पर समी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ राजनीतिक कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों पर भी झंडारोहण किया गया कई स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के अतिरिक्त विविध प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा पर आज रक्षाबंधन का पर्व देश और प्रदेश में परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के बीच मनाया जा रहा है आज बहने अपने भाईयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांध रही हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षावंधन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षावंधन पर्व की हार्दिक बधाई दी है श्रावण मास का अंतिम दिन होने के कारण आज श्रद्वाल प्रदेश के सभी शिवमंदिरों और शिवालयों में ब्रम्हमुहूर्त से ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं आज ही लगभग एक पखवारे से चल रहा अयोध्या का सावन झूला मेला भी सम्पन्न हो रहा है